केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा ड्राइविंग लाईसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाया जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यक्धन राठौड़ ने युवाओं से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खतरे से निपटने का आहवान किया प्रदेश के उपमुखंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा राज्य सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से कराने पर कर रही है विचार प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी और बर्फ़ीली हवाओं से ठण्ड बढ़ी

पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बीस सदस्यों वाली इस समिति के अध्यक्ष होंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली प्रचार समिति के अध्यक्ष होंगे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को मीडिया समिति का प्रमारी बनाया गया है वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क करने वाली समिति के अध्यक्ष होंगे श्रीमती सुषमा स्वराज चुनाव साहित्य प्रकाशित करने वाले समूह का नेतृत्व करेंगी आगामी लोकसभा चुनाव और सपा बसपा के संभावित गठबन्धन के मद्देनज़र भाजपा नेतृत्व ने विभिन्न राज्यों के प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किये हैं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है जबकि सुनील ओझा सहप्रभारी बनाये गये हैं इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और देवरिया से सांसद कलराज मिश्र को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है श्री नड्डा भाजपा केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के सचिव भी हैं और उनका शुमार पार्टी के चुनिन्दा रणनीतिकारों में होता है केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पिछले अट्ठाईस महीनों के दौरान एक सौ बाईस करोड़ से ज्यादा आधार नंबर जारी किए गए हैं इसके साथ ही देश की निन्यानवे प्रतिशत वयस्क जनसंख्या इसके दायरे में आ गई है एक फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि पिछले वर्ष मार्व तक आधार के इस्तेमाल से नबे हजार करोड़ रूपये की बचत हुई और कई फर्जी लामार्थियों का नाम हटा दिया गया केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाईसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाएगी कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि वे जल्द ही इसे अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाएंगे श्री प्रसाद जलंधर में एक सौ छवें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे ड्राइविंग लाईसेंस को आधार से जोड़ने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि फिलहाल दुर्घटना करने वाला दोषी घटनास्थल से भाग जाता है और डुपलीकेट लाइसेंस बनवाकर दंड से बच जाता है आधार से जुड जाने पर कोई भी व्यक्ति अपना नाम तो बदल सकता है लेकिन वह अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे आंखों की पुतली और फिंगर प्रिंट्स संबंधी डेटा को बदल नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अपने शासन काल के दौरान खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है अवैघ रूप से रेत के खनन मामले में सीबीआई की हाल की तलाशियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी के नेता और राज्य के मंत्री सिद्दार्थनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जब अखिलेश यादव खनन मंत्री का कामकाज देख रहे थे तब खनन के लिए ई टेंडर के नियमों की अनदेखी की गयी उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अवैध खनन मामले के अभियुक्तों के साथ अपने संबंधों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए सीबीआई ने अवैध खनन मामले में प्रदेश के कई स्थानों पर छापे मारने के बाद हमीरपुर की तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट बी चंद्रकला और समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य रमेश मिश्रा सहित ग्यारह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है हमारे संवाददाता ने ख़बर दी है कि इस मामले में दर्ज एफ आईआर के अनुसार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जाँच के दायरे में हैं दो हज़ार बारह से दो हज़ार तेरह के दौरान खनन विभाग का प्रभार उनके पास था सी बी आई खनन विभाग के तत्कालीन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से भी पूछताछ कर सकती है इसके अलावा दो हज़ार बारह से दो हज़ार सोलह के दौरान राज्य के तत्कालीन खनन मंत्रियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है सीबीआई ने इस सिलसिले में हमीरपुर जालौन नोएडा कानपुर लखनऊ तथा दिल्ली में बारह स्थानों पर छापे मारे थे छापे के दौरान अवैध बालू खनन से संबंधित अभिलेखों के अलावा भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने युवाओं से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खतरे से निपटने का आग्रह किया और इसके लिए अपना नियमन खुद करने को कहा कल शाम नई दिल्ली में एक समारोह में श्री राठौड ने युवाओं से रोजमर्रा की जिंदगी की मुसीबतों से निपटने के लिए सोशल मीडिया मंच से अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया

उसका सामना करना बहत जरूरी है आप जब इस तरह की मिस्लीडिंग न्यूज सुने देखे तो तुरन्त सोशल मीडिया पर आकर उसको प्ररी तरह से खत्म करें उसको फेस ट्र फेस आकर उसको चेलेंज करें उसको चुनौती दें और ऐसे लोगों की आवाज बढ़नी बहुत जरूरी है श्री रागैड ने कहा कि ट्विटर और फेसबुक पर फर्जी खबरें फैलाने वाले अपने से मिन्न राजनीतिक विचारधारा वालों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते है इस पर रोक लगानी चाहिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुम्म मेले से सम्बन्धित तैयारियों का जायजा लेते हए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये थे इस बीच प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न प्रदेशों में जाकर वहाँ के मुख्यमंत्रियों राज्यपालों और आम जनता को इस आध्यात्मिक और धार्मिक समागम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं

इस धार्मिक समागम में एक सौ बान्नवे देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे इस पर तकरीबन चार हजार तीन सौ करोड़ रूपये खर्च कर के श्रद्वालुओं के लिए सभी तरह की उच्च स्तरीय सुविधायें मुहैया करायी जा रही हैं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से कराने पर विचार करा रही है श्री मौर्य कल बागपत में त्रिस्तरीय पंचायत सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मलकप्र मोदीनगर और किनौनी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भूगतान न करने के मामले को वह कैबिनेट बैठक में रखेंगे और क्षेत्र के गन्ना किसानों की इस दिक्कत का निदान किया जोयगा इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने छियासठ करोड़ रूपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं सहित अन्य विकास कार्यो का लाकोर्पण और शिलान्यास भी किया पश्चिमी विक्षोम की सक्रियता के कारण प्रदेश में विभिन्न जिलों का मौसम कल अचानक बदल गया प्रदेश के विभिन्न जिलों में आसमान में बादल छा गये और कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश गुरू हो गयी कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी खबर है बारिश और सर्द हवाओं के कारण ठण्ड बढ़ गयी राजधानी लखनऊ में कल दोपहर में हल्की बूंदाबांदी और सर्द हवाओं से मौसम में ख़ासा परिवर्तन महसूस किया गया बलरामपुर में तेज़ हवायें चलने से ठण्ड में वृद्वि हो गयी जिले में कई दिनों से गलन भरी ठण्ड से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है सुल्तानपुर जिले के कई गाँवों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हुई वहीं पीलीमीत जिले में हल्की बूंदाबादी के साथ साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है उधर गोण्डा के खरगुप्र गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत होने की ख़बर है